शुरूआत में कोरोना हॉट स्पॉट बने भीलवाडा में हालात तेजी से सामान्य हो रहे है

श्री अग्रवाल ने बताया कि सरकार वायरस को फैलने से रोकने के लिए क्लस्टर कंटेनमेंट की रणनीति अपना रही है संक्रमण की पुष्टि वाले पूरे क्षेत्र में इस तरह की रणनीति अपनाई जाती है श्री अग्रवाल ने कहा कि खासतौर से राजस्थान में भीलवाड़ा उत्तरप्रदेश में आगरा और गौतमबद्व नगर केरल में पतनमतिट्टा और पूर्वी दिल्ली में इस रणनीति के सकारात्मक परिणाम आए हैं

वहीं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी आज लोगों से अपील की है कि शबे बारात के अवसर पर लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का कड़ाई और ईमानदारी से पालन करें उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही हमारे परिवार समाज और समूचे देश के लिए नुकसानदायक हो सकती है

मुख्य सचेतक और हवामहल से विधायक डॉ महेश जोशी ने कहा है कि जयपूर शहर में कोरोना से निपटने के लिए लोगों को समझाया जा रहा है कि वे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें उन्होंने बताया कि जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे उनके सख्ती से निपटने को भी कहा गया है श्री जोशी ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना की जांच से भागे नहीं क्योंकि इस बीमारी से ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं मशहूर टीवी एक्टर राजस्थान के आशीष शर्मा ने भी आकाशवाणी के जरिये लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन का संकट की इस घड़ी में पूरा साथ दें

श्री सिंह ने ग्राउण्ड पर कार्य कर रहे समी पुलिसकर्मियों से आग्रह किया कि संवेदनशीलता बनाए रखकर गरिमा के अनुरूप आचरण करें उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुसार हमें अपने भीतर मानवता के प्रति सम्मान और सेवाभाव को बनाए रखना है इधर श्री सिंह ने कोरोना महामारी के मद्देनजर व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पुलिस बल उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता जतायी है

इधर विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और वादों के तहत डाली गयी राशि को निकालने के लिए कई क्षेत्रों में बैंकों और पोस्ट ऑफिसों में भीड देखी जा रही है और सोशियल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी देखा गया

इसी के तहत उदयपुर शहर में रेपिड रेस्पोंस टीम का गठन किया जा रहा है

सिरोही जिले में राजस्थान और गुजरात की सीमा पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गयी है इधर बूंदी में लॉक डाउन की अवधि के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी पासधारकों को हर तीन दिन में अपनी स्क्रीनिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं आदेश में कहा गया है कि हर तीन दिन के बाद चिकित्सक से स्कीनिंग करवाकर रिपोर्ट पासधारक को साथ में रखनी है और इसका इंद्राज कार्ड को पीछे करना है यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो पास जब्त कर लिया जाएगा इधर भरतपुर के कामां क्षेत्र में दो छात्राओं द्वारा कव्वाली के माध्यम से लोगों को जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है

आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि हमें सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे निर्देशों का पालन करना चाहिए जिससे स्वयं के साथ दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें वर्ष भर स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की प्रशंसा की प्रदेश में भी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया सवाईमाधोपुर जिले के वजीरप्र और मलारना सहित अनेक क्षेत्रों में गांव में जा रहे चिकित्सा जांच दलों का आज अनेक स्थानों पर माला पहनाकर और फूल बरसा कर स्वागत किया गया

ये निर्देश आर्थराइटिस के मरीजों की आवश्यकता को देखते हुए दिए गए हैं हाईड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा आर्थराइटिस के साथ ही अन्य बीमारियों में भी काम आती है राज्य सरकार ने कहा है कि चिकित्सक के परामर्श के आधार पर ये दवा मरीज को उपलब्ध करायी जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इनकी कालाबाजारी या मुनाफाखोरी न हों